महाराष्ट्र में भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनायी

वैशाली जिला मूख्यालय हाजीपूर स्थित एक निजी फाइनेंस कम्पनी से आज दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लगभग पचपन किलो सोने का आभूषण लूट लिया लूटे गये सोने की कीमत बीस करोड़ रूपये से अधिक बतायी जाती है छह अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर मैनेजर और अन्य कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया प्रभारी पुलिस अधीक्षक एम के चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है

इधर अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी और तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच की वहीं सुपौल जिले में जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी गांव में अपराधियों ने एक निजी कम्पनी के कर्मी से एक लाख बावन हजार रुपये लूट लिए एक अन्य घटना में अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के भगकोहलिया पंचायत में अपराधियों ने एक निजी बैंक के कर्मियों से हथियार के बल पर अंठावन हजार रूपये लूट लिये महाराष्ट्र में भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार का गठन कर लिया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा के देवेंद्र फड़णवीस को मूख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी वहीं एनसीपी के अजीत पवार को उप मूख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देवेन्द्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा जतायी है कि श्री फड़णवीस के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति पथ पर लगातार अग्रसर होगा शपथग्रहण के बाद श्री फड़णवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया था लेकिन शिवसेना ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ की कोशिशें कीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है न कि खिचड़ी सरकार की बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व में सरकार बनने पर उन्हें बधाई दी है इससे पहले राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया उल्लेखनीय है कि विधानसभा चूनाव परिणाम घोषित होने के अठारह दिन बाद भी कोई राजनीतिक हल नहीं निकलने पर बारह नवम्बर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार के गठन का स्वागत किया है श्री अठावले ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य के लोगों के हित में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडनवीस के नेतृत्व में सरकार का गठन जरुरी था

उन्होंने कहा कि पटना से बोधगया तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए वे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे इस अवसर पर श्री अठावले ने दलित स्वराज पार्टी के अपनी पार्टी आरपीआई में विलय की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की उनसठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है आयुष्मान भारत योजना के तहत तीन हजार एक सौ अड़तीस मरीजों का इलाज करने के लिये पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान को पूरस्कृत किया गया है पटना में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एल बी सिंह को सम्मानित किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को स्थायी रूप से कारगर बनाने के लिए शराब माफिया के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज पटना में मद्य निषेध से संबंधित पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में सामाजिक परिवर्तन आया है और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में काफी कमी आयी है बैठक में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी और मद्य निषेध विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे बैंक में रूपया जमा करने और निकालने के बाद होने वाली लूट की घटनाओं को रोकने के लिए मुंगेर पूलिस आगामी छब्बीस नवम्बर से सुरक्षा टैक्सी सेवा की शुरूआत करने जा रही है यह सेवा आम जनता के लिए निःशुल्क होगी प्रलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया है कि जिला मुख्यालय स्थित बैंकों से एक लाख या उससे अधिक की राशि जमा करने या निकासी के बाद घर लौटने के दौरान पुलिस लोगों को सुरक्षा टैक्सी सेवा उपलब्ध करायेगी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोगों को यह सुविधा लेने से पहले स्थानीय थाने में सूचना देनी होगी शेखपूरा जिला के बरबीघा प्रखंड के सर्वा गांव के पास पत्थर माफियाओं ने जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला खनन विकास पदाधिकारी पर हमला कर दिया इस घटना में दोनों अधिकारी बाल बाल बच गए जबकि उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया दोनों अधिकारी वाहनों पर लदे ओवरलोड पत्थरों की जाँच कर रहे थे इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में ड्यूटी के दौरान फरार रहने वाले पैंतीस शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इक्कीस नवम्बर को अड़तालीस माध्यमिक स्कूलों में औचक निरीक्षण के दौरान इन शिक्षकों को ड्यूटी से गायब पाया था सुपौल जिले के जाने माने चिकित्सक और समाजसेवी एम एन मल्लिक का आज निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे उनके निधन पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड के किशनपुर पंचायत में शौचालय निर्माण की राशि के गबन के आरोप में मुखिया मुनेंद्र प्रसाद यादव सहित चार लोगों के खिलाफ अमदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है मुजफ्फरपुर जिले की भगवानपुर निवासी शिवांगी को भारतीय नौ सेना में महिला पायलट के तौर पर नियुक्त किया गया है शिवहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कांडों के अनुसंधान में लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोप में शिवहर और तरियानी थाने में पदस्थापित दो पुलिस अवर निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है औरंगाबाद में आज से शुरू हुए दो दिवसीय युवा उत्सव में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली और पेंटिंग बनाकर केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सार्थकता को रेखांकित किया श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज बेगूसराय में श्रम नियोजन विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन किया अरवल जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आज विकास मेला का आयोजन किया गया है

महाराष्ट्र में भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनायी